गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने से इनकार किया कहा विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों और निराश्रितों के लिए संचालित रैनबसेरों में ठंड से बचाव के सभी उपाय सुनिष्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देष प्रदेष में विभिन्न स्थानों में बूंदाबांदी और वर्शा के कारण लोगों की मुष्किलें और बढ़ीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी जल जीवन मिशन की ताकत है और वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि वे पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किफायती और प्रभावी प्रौद्योगिकी विकसित करें कल बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा भारत के ग्रामीण क्षेत्रोमें हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है अब ये आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइक्लिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजीकैसे विकसित करे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से समाज के कल्याण के लिए काम करने और देश के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का समाधान तलाशने का आहवान किया है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर पहुंच गया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग बावन हो गई है प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम के तहत छह करोड लाभार्थियों के लिए धन जारी करने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ आधार से जुड़ी प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से शौचालय बनाने और गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने में भी मदद मिली प्रधानमंत्री ने कहा कि जियोग्राफिकल टैगिंग और डाटा विज्ञान की प्रौद्योगिकी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोमें अनेक परियोजनाएं समय से पूरी की जा सकी हैं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा जोधपुर में कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं लेकिन सरकार का इस कानून को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है आप डरीए मत ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाएं भारतीय जनता पार्टी सी ए ए में एक इंच भी वापस नहीं आनेवाली आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता जितना भ्रम फैलाना है फैलाए जितना गुमराहकरना है करें हम लोगों के पास जाएंगे युवाओं के पास जाएंगे माइनोरिट के पास जाएंगेऔर बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है ये मेरे शरणार्थी भाई आएहैं उनको नागरिकता देनी है गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी श्री अमित शाह ने लोगों से इस कानून के समर्थन में आगे आने की अपील की

प्रदेश सरकार ने पिछले महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बारे में रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के गृह विभाग ने पीएफआई के उत्तर प्रदेश प्रमुख वसीम और सोलह अन्य कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी लखनऊ में हिंसा को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार किया गया उन्होंने कहा कि पुलिस के पास लखनऊ और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हाल ही में हुई हिंसा में पीएफआई के शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इनवॉल्व रहा है

हमारे पास एम्पुल प्रफ्स हैं डॉक्योमेंटेशन हैं इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिट्स हैं हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो है उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इनवॉल्वमेंट रहा है पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस रिहाई मंच सहित अन्य गुटों की भी भूमिका की जांच कर रही है जो हिंसा में शामिल थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला प्रषासन को गरीबों और निराश्रितों के लिए संचालित रैन बसेरों की लगातार निगरानी करने के निर्देष दिये हैं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जरूरतमंदों को कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिष्वित करने के भी निर्देष दिये उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी रात्रि में भ्रमण कर रैन बसेरों का निरीक्षण करें और वहां सभी आवष्यक सुविधाएं उपलबध कराएं इस बीच प्रदेष सरकार ने जरूरतमंदों को पांच लाख से अधिक कंबल वितरित किये हैं सभी जनपदों में रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या ढ़ाई हजार से अधिक है मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों से भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गोरखपुर में तीन कार वाली लाइट मेट्रो रेल के संचालन से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने को कहा है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में गोरखपुर मेट्रो परियोजना के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन कर रहे थे इस दौरान उन्होंने वाराणसी मेरठ प्रयागराज और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली और विवरण हमारे संवादादाता से गोरखपुर में मेट्रो रेल के दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे पहला कॉरिडोर ष्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तक पंद्रह किलोमीटर से अधिक दूरी का होगा जिसमें चौदह स्टेषन बनाने का प्रस्ताव है द्रसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसढ़ के बीच बनेगा जिसकी लंबाई तकरीबन तेरह किलोमीटर होगी इसमें बारह स्टेषन प्रस्तावित हैं एक अनुमान के मुताबिक इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के बाद वर्श दो हजार चौबीस तक ढाई लाख से अधिक लोग रोजाना गोरखपुर में मेट्रो रेल से सफर करेंगे आदित्य षुक्ला आकाषवाणी समाचार गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में कल से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के अभियान में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नंडडा गाजियाबाद से अभियान की शुरूआत करेंगे श्री राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में अभियान में शामिल होंगे श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होंगे इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने टोल फ्री नम्बर आठ आठ छः छः दो आठ आठ छः छः दो जारी किया हैं इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं प्रदेष के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेष खन्ना ने नागरिकता संषोधन कानून सीएए पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए उनके विरोध को गलत ठहराया है उन्होंने विपक्षे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया श्री खन्ना कल वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में भारतीय नागरिकों के खिलाफ कुछ भी नहीं है विपक्षी दलों के पास समझदारी का अभाव है इसलिए उसकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और जनता में अफवाह फैला रहे हैं

लखनऊ कानपुर गोरखपुर अयोध्या कुषीनगर सिद्दार्थनगर और पीलीभीत सहित प्रदेष के अधिकांष हिस्सों में कल दिन भर बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी